कई पुलिसकर्मी घायल

हो सकती है हल्की बूंदाबांदी राजधानी पटना में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कल जमकर उत्पात मचाया इस दौरान उपद्रवियों ने अशोक राजपथ से लेकर करगिल चौक तक कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और अगजनी की प्रदर्शनकारियों ने करगिल चौक पर बने दो पुलिस चेक पोस्ट और वहां खड़े आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में आग लगा दी उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी इस घटना में टाउन डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुये हैं कई पत्रकारों को भी चोट आयी है उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए देर रात पुलिस ने बी एन कॉलेज छात्रावास में छापेमारी की है वहीं सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से भी उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन कानून के बहाने राज्य का अमन चैन छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया है श्री मोदी ने सवालिया लहजे में कहा कि जब इस कानून का सीधा असर बिहार पर नहीं पड़ रहा है तब ये दोनों दल ऐसा क्यों कर रहे हैं श्री मोदी ने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के बहाने लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होने का बदला शांतिप्रिय जनता से ले रही है जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू नहीं होगा इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को मिलाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है इधर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि एनआरसी पर उनकी पार्टी सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला करेगी उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हुये कहा कि मुसलमान इस देश के नागरिक थे हैं और रहेंगे और उनके सम्मान के साथ यह कानून कोई समझौता नहीं करता है पूर्व मूख्यमंत्री राबड़ी देवी की पूत्रवध् ऐश्वर्या राय ने उनपर मारपीट और घर से बाहर निकालने के आरोप में पटना के गर्दनीबाग महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी है महिला थानाध्यक्ष आरती जायसवाल ने बताया कि ऐश्वर्या राय के बयान पर राबड़ी देवी तेजप्रताप यादव मीसा भारती और एक पुरूष तथा महिला सुरक्षा गार्ड को नामजद अभियुक्त बनाया गया है उन्होंने बताया कि घरेलू अत्याचार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है और मामले की जांच चल रही है केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सात सदस्यीय टीम आज दरभंगा जिले में प्रस्तावित राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण करेगी इस टीम का नेतृत्व प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सूरक्षा योजना के संयुक्त सचिव सुनील शर्मा कर रहे हैं टीम दरभंगा में एम्स के लिये चयनित स्थल की उपयुक्तता के बारे में जांच करेगी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से नई दिल्ली में अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्षों के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श शुरू करेंगी वे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संगठनों किसान संगठनों और अर्थशास्त्रियों से राय लेंगी बजट अगले साल पहली फरवरी को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री स्टार्ट अप फिनटेक और डिजिटल क्षेत्र जैसे नई अर्थव्यवस्था के हितधारकों से भी विचार विमर्श करेंगी बाद में वे वित्तीय क्षेत्र और प्रंजी बाजार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी एनईएफटी ट्रांजेक्शन की सुविधा आज से सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे मिलेगी एनईएफटी ऑनलाईन ट्रांजेक्शन का एक तरीका है जिसमें एक समय में दो लाख रूपये तक की राशि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकती है राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है यह दिवस उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है आज उन शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया था सोलह दिसम्बर उन्नीस सौ इकहत्तर को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए ए खान नियाजी ने तिरानवे हजार सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के समक्ष बिना शर्त समर्पण किया था इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था मौसम विभाग ने कहा है कि आज भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि कल से मौसम साफ रहेगा बादल छंटने के कारण कोहरा बढ़ने की सम्भावना है उन्होंने कहा कि अठारह दिसम्बर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में राज्य के कुछ हिस्से आ सकते हैं जिससे ठंड में बढ़ोत्तरी हो सकती है मुजफ्फरपुर में एक छात्रा के साथ द्वष्कर्म और उसे जिंदा जला देने के आरोप में महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने अहियापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सोना प्रसाद सिंह पर कार्रवाई करने का पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है रणवीर सेना प्रमूख ब्रहमेश्वर मूखिया हत्याकांड में सीबीआई आज पूर्व विधान पार्षद सुनील पांडेय के ड्राईवर रविकांत दूबे से पूछताछ करेगी बक्सर के ड्मरांव के बीएमपी चार में तैनात दारोगा सत्येन्द्र प्रसाद को एक महिला सिपाही से मोबाईल पर अश्लील बात करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है दरभंगा जिला पुलिस ने लहेरियासराय थाना क्षेत्र के खाजासराय से लंबे समय से फरार चल रहे एक शराब माफिया समेत तीन धंधेबाजों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है औरंगाबाद जिले के बंदेया थाना प्रलिस ने कुख्यात नक्सली किशोरी साव को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामले में तलाश थी दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद सहित पूरे पैनल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा बरकरार रहा है पटना विश्वविद्यालय में पौधारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए हर परिसर हरा परिसर अभियान की शुरूआत की जायेगी इसके तहत एनटीपीसी विश्वविद्यालय परिसर में एक हजार पौधे लगायेगा बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में काग्यू मोनलम पूजा की शुरूआत हो गयी है बौद्ध धर्मावलंबियों की काग्यू परंपरा के आध्यात्मिक गुरू सत्रहवें करमापा ने अनुयायियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया यह पूजा नौ दिनों तक चलेगी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे कूच बिहार अन्डर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम नगालैंड के खिलाफ पहली पारी में दो सौ तेईस रन पर सिमट गयी है बिहार की ओर से सबसे अधिक आकाश राज ने सत्तासी रन बनाये वहीं नगालैंड की ओर से अर्जुन ने सबसे अधिक पांच विकेट लिये वर्षा बाधित इस मैच के शुरूआती दो दिनों में खेल नहीं हो सका था आज मैच का अंतिम दिन है बांका में खेले जा रहे मोईनुलहक फूटबॉल चैंपियनशिप में समस्तीपुर अरवल और पूर्व मध्य रेल दानापुर की टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गयी है बिहार के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी आशीष सिन्हा ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है आशीष ने दो हजार दस में पहली बार झारखंड की ओर से रणजी मैच खेला था वहीं दो हजार अठारह में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पटना में हुई हिंसा और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है लालू राबड़ी परिवार की बहू से लड़ाई फिर सड़क पर राबड़ी तेजप्रताप और मीसा पर केस दैनिक भास्कर लिखता है नागरिकता कानून पर पटना में भी बवाल दो पुलिस पिकेट फूंके डीएसपी समेत सत्ताईस घायल प्रभात खबर ने जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बिहार में नहीं लागू होगा एनआरसी दैनिक जागरण लिखता है इकतीस दिसम्बर तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य दैनिक आज ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है फैसलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकता

कई पुलिसकर्मी घायल

हो सकती है हल्की बूंदाबांदी